केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र से मिलने वाली धनराशि का उपयोग जनहित में करने के अधिकारियों को दिए निर्देश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह लोगों से साझा करेंगे विचार

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया

मंत्रिमंडल ने लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की प्रतियोगी परीक्षाओं में महिला उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षा शुल्क में छूट देने को भी स्वीकृति दी है बैठक में सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे सामान्य वर्ग के नौवी व दसवीं कक्षा के सभी छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तके देने को भी मंजूरी दी इस दौरान प्रदेश में तीन कंपनियों पर आधारित राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल गठित करने पर भी मुहर लगाई गई मंत्रिमंडल ने दस सब्जी मंडियों को ई नाम से जोड़ने को भी स्वीकृति दी ताकि किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके इसके अलावा मंत्रिमंडल ने अलग अलग विभागों में विभिन्न श्रेणियों के पद भरने को भी मंजूरी दी अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त व कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने केंद्र से मिलने वाली धनराशि का जनकल्याण में भरपूर उपयोग करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं जिला विकास समन्वय तथा निगरानी समिति की आज बिलासपुर में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को योजनाएं सही ढंग से लागू कर लोगों तक पहुंचाने को कहा

केंद्रीय मंत्री ने सभी विभागों को तालमेल के साथ विकास कार्यों को करने की सलाह दी ताकि विभिन्न योजनाएं सही ढंग से लागू हो सके परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार सभी कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है पालमपुर उपमंडल के डाढ़ में भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में आज बतौर मुख्यातिथि उन्होंने यह बात कही विपिन परमार ने कहा कि मौजूदा सरकार ने अपने दो वर्ष के कार्यकाल में कर्मचारियों व सेवानिवृत कर्मचारियों को करीब पांच करोड़ रुपए के विभिन्न वित्तीय लाभ दिए हैं

सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने भारतीय संस्कृति के संरक्षण व संवर्द्वन के लिए युवाओं से एकजुट होकर कार्य करने का आहवान किया है वे आज सोलन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में बोल रहे थे सैजल ने परिषद से सरकार की नशा निवारण मुहिम को सफल बनाने के लिए कार्य करने का आग्रह किया ताकि हिमाचल को नशा मुक्त बनाया जा सके उन्होंने जिला स्तरीय स्वामी विवेकानंद सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया इस अवसर पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकुर ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत कर महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने के लिए युवाओं से साझा प्रयास करने का भी आहवान किया राम स्वरूप सांसद राम स्वरूप शर्मा ने आज मंडी में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की उन्होंने समाज के हर वर्ग तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के अधिकारियों को निर्देश दिए रामस्वरूप शर्मा ने अधिकारियों को लंबित कार्य गंभीरता से निपटाने को कहा उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को संबंधित योजनाओं के लाभार्थियों की सूची समिति को सौंपने के निर्देश भी दिए रामस्वरूप शर्मा ने बैठक में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति का जायजा भी लिया बैठक में विधायकों व समिति के गैर सरकारी सदस्यों ने विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर सुझाव दिए

पहली उड़ान भुंतर उदयपुर भुंतर दूसरी भुंतर बारिंग भुंतर और तीसरी उड़ान भुंतर स्टिंगरी भुंतर के बीच होगी यह सभी उड़ाने मौसम पर निर्भर करेंगी

प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेजने को कहा है

यह आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सेवा भाव के साथ पीड़ित मानवता की सेवा नर्सिंग व्यवसाय की सफलता के लिए आवश्यक बताई है सोलन ज़िले के ओच्छघाट के समीप नगाली में एक नर्सिंग संस्थान के वार्षिक उत्सव में उन्होंने ये विचार व्यक्त किए राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश में गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विभिन्न नर्सिंग संस्थानों को प्रशिक्षण के लिए सरकारी अस्पतालों के साथ संबद्ध किया गया है

राज्य विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भंडारी ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में यह जानकारी दी

सेमिनार राज्य सरकार की प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के तहत कुल्लू में आज राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने फोन के माध्यम से सेमिनार में मौजूद किसानों व बागवानों को संबोधित किया उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती में हिमाचल के किसानों ने एक मिसाल कायम की है और देश के अन्य राज्य भी इस मॉडल का अनुसरण कर रहे हैं

किसानों ने प्राकृतिक खेती को फायदेमंद बताते हुए कहा कि इससे फसल उत्पादन में वृद्धि होने के अलावा भूमि की उपजाऊ शक्ति में भी इजाफा हुआ है